अब से थोड़ी देर बाद श्री मोदी राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे

उन्होंने सांसदों से जनता के प्रति सेवा भाव से तैयार रहने की अपील की

एक भाषा के दो पेपर रखने की व्यवस्था समाप्त और प्रदेश में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज सर्वसम्मति से एन डी ए के संसदीय दल का नेता चुन लिया गया संसद भवन के सेन्ट्रल हॉल में गठबंधन के नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक में यह फैसला किया गया इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के अलावा घटक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख प्रकाश सिंह बादल ने श्री मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा जिसका समर्थन जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान और गठबंधन के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने किया इस अवसर पर गठबंधन के सांसदों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि वे देश सेवा के लिए नई ऊर्जा के साथ नई यात्रा के लिए संकल्पित हैं दोबारा सत्ता में वापसी को लेकर उन्होंने कहा कि प्रचंड जनादेश जिम्मेदारियों को बढ़ा देता है श्री मोदी ने कहा कि इस चुनाव ने साबित कर दिया है कि देश का लोकतंत्र दिन प्रतिदिन परिपक्व होता गया है और सत्ता जनता को कभी प्रभावित नहीं कर सकती उन्होंने कहा कि सत्ता भाव को त्याग कर सेवा भाव के साथ नतमस्तक होने को जनता ने स्वीकार किया है उन्होंने नवनिर्वाचित सांसदों से सत्ता का भाव त्याग कर सेवा के लिए तैयार रहने की अपील की इधर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने श्री मोदी की जीत का उल्लेख करते हुए इस अवसर पर कहा कि उन्नीस सौ इकहत्तर के बाद पहली बार पांच साल का कार्यकाल पूरा कर कोई प्रधानमंत्री फिर से प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने जा रहा है श्री मोदी ने कहा कि इस चुनाव ने परिवारवाद जातिवाद और तुष्टिकरण की राजनीति को दरकिनार कर सुशासन की राजनीति पर मोहर लगाई है जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी एनडीए संसदीय नेता और देश के नये प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी का समर्थन करती है श्री मोदी अब से कुछ देर बाद सरकार के गठन का दावा पेश करेंगे वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर सरकार बनाने के लिए पार्टियों के समर्थन का पत्र सौंपेंगे गौरतलब है कि सत्रहवें लोक सभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को तीन सौ इक्यावन सीटों पर जीत हासिल हुई है अकेले भाजपा ने लोक सभा की तीन सौ तीन सीटे जीतकर अकेले अपने दम पर बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है कांग्रेस कार्य समिति ने हाल के लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की पेशकश नामंजूर कर दी है आज नई दिल्ली में कार्य समिति की बैठक के बाद पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया को बताया कि राहुल गांधी ने त्याग पत्र देने की पेशकश की थी लेकिन कार्य समिति ने सर्वसम्मति से उसे अस्वीकार कर दिया कार्य समिति ने राहुल गांधी से सैद्वांतिक लड़ाई लड़ने और देश के युवाओं तथा किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए पार्टी का नेतृत्व और मार्गदर्शन करते रहने का अनुरोध किया एक प्रस्ताव में कार्य समिति ने देश की जनता के जनादेश को स्वीकार किया और कहा कि कांग्रेस रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है कार्य समिति ने आत्ममंथन करने की सिफारिश करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष को पार्टी के प्रत्येक स्तर पर बड़े पैमाने पर बदलाव करने और पुनर्गठित करने का अनुरोध किया बैठक में राहुल गांधी यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के साथ निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चन्द्र ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की उन्होंने राष्ट्रपति को लोकसभा चुनाव में विजयी उम्मीदवारों की सूची सौंपी राष्ट्रपति ने निर्वाचन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने पर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को बधाई दी राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्ति में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने स्वतंत्र और निष्पक्ष च्रनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग उसके अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों पुलिस तथा सुरक्षाकर्मियों के प्रयासों की सराहना की है राष्ट्रपति ने निर्वाचन प्रक्रिया में हिस्सा लेने पर करोड़ों मतदाताओं की भी सराहना की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोलहवीं लोकसभा को भंग कर दिया है कल मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति से तुरंत प्रभाव से लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की गई राष्ट्रपति भवन से एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि राष्ट्रपति ने मंत्रिमंडल की सिफारिश स्वीकार कर ली भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंगल पाण्डेय ने राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों में जल्द टूट का दावा किया है श्री पाण्डेय ने कहा कि पार्टी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं और वे भाजपा में शामिल होने का मन बना चुके हैं बेगूसराय संसदीय क्षेत्र से सीपीआई के प्रत्याशी कन्हैया कुमार और उनके समर्थकों के खिलाफ भाजपा ने पथराव और मारपीट करने का मामला दर्ज कराया है भाजपा के एक कार्यकर्ता ने इस संबंध में नगर थाना में कन्हैया कुमार और चौदह अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवायी है यह घटना तेईस मई को मतगणना के दिन कथित तौर पर हुई थी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम और पैटर्न को बदल दिया है इसी सत्र से नया पाठ्यक्रम प्रे राज्य में लागू हो जाएगा इसके तहत एक ही भाषा को दो दो पेपर के रूप में रखने का विकल्प समाप्त कर दिया गया है बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि अनिवार्य विषय के तहत परीक्षार्थी हिन्दी या अंग्रेजी में से किसी एक भाषा का चयन कर सकेंगे वहीं भाषा के दूसरे पत्र में उन्हें उर्दू मैथिली संस्कृत मगही भोजपुरी अरबी फारसी पाली प्राकृत का चयन करने की सुविधा होगी श्री किशोर ने कहा कि इसके अलावा ऐच्छिक विषय के रूप में कला वाणिज्य और विज्ञान तीनों से संबंधित विषय चूने जा सकते हैं अतिरिक्त विषय के रूप में छात्र कला वाणिज्य विज्ञान या व्यावसायिक संकाय से कोई एक विषय चुन सकेंगे बोर्ड ने यह भी प्रावधान किया है कि छह विषय चयन करने वाले छात्र अगर किसी एक विषय में फेल हो जाते हैं तो इसे छठे विषय के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा जिससे परीक्षाफल प्रभावित नहीं होगा लेकिन छात्र को अंग्रेजी या हिन्दी में उत्तीर्ण होना जरूरी होगा प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कई इलाकों में मॉनसून पूर्व बारिश हुई है बारिश के कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले चार दिनों तक राज्य के कई क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की संभावना है इस दौरान कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गयी है इधर राजधानी पटना सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में लोग उमस भरी गर्मी से परेशान रहे पटना का अधिकतम तापमान आज सैंतीस डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया वहीं डेहरी तैंतालीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा गया का अधिकतम तापमान बयालीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया राज्य में एक जून के बाद वाहन खरीदते समय ही ग्राहकों को हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट उपलब्ध कराया जायेगा परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि अब बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के शो रूम से नई गाड़िया नहीं निकलेगी उन्होंने कहा कि बिना हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के वाहन बेचा गया तो डीलर पर कार्रवाई की जायेगी और उनका लाइसेंस भी रद्द किया जायेगा समस्तीपुर जिले में पिछले चौबीस घंटों के दौरान अपराधियों ने एक किसान समेत तीन लोगों की हत्या कर दी वहीं अपराधियों ने ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक राजेश कुमार से करीब दो लाख रूपये लूट लिए सारण जिले के नगरा पुलिस आउट पोस्ट क्षेत्र में आज एक अनियंत्रित जीप की चपेट में आने से तीन महिलाओं की मौत हो गयी पश्चिम चम्पारण जिले के शिकारपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने होमगार्ड जवान की धारदार हथियार से हत्या कर दी है दरभंगा जिले के सिमरी के अरई पुल के पास चार पहिया वाहन और ऑटो की टक्कर से एक की मौत हो गयी जबकि छह लोग घायल हो गये दरभंगा के चंद्रधारी मिथिला विज्ञान कॉलेज का पहला दीक्षांत समारोह आज दरभंगा में आयोजित किया गया बेगूसराय जिले के बखरी थाना क्षेत्र अंतर्गत सलौना गांव में करंट लगने स दो मजदूरों की मौत हो गयी

बक्सर जिले के धनसोई थाना क्षेत्र से पुलिस ने गश्ती के दौरान ट्रक से चालीस पेटी शराब जब्त की है

अब से थोड़ी देर बाद श्री मोदी राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे

उन्होंने सांसदों से जनता के प्रति सेवा भाव से तैयार रहने की अपील की

एक भाषा के दो पेपर रखने की व्यवस्था समाप्त और प्रदेश में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान